इससे पहले कल केन्द्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर ढाई रूपये कम करने की घोषणा की थी इसके साथ ही इन राज्यों में पेट्रोल और डीजल पांच रूपये प्रति लीटर सस्ता हो गया है वहीं राजस्थान सहित अन्य राज्यों में ढाई रूपये प्रति लीटर की राहत मिली है राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा इस बार दाम नहीं घटाये गये है

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं के साथ बातचीत में कहा कि सरकार सभी राज्यों को पत्र लिखकर पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले उनके हिस्से के करों में कटौती करने को कहेगी उन्होंने आशा व्यक्त की कि राज्य भी केंद्र की तरह ईंधन पर अपने करों में कटौती करेंगे

इनमें प्रमुख समन्वय समिति में राष्ट्रीय सचिव अशोक गहलोत चुनाव समिति में प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट और प्रचार समिति में सांसद रघु शर्मा को अध्यक्ष बनाया गया है पूर्व केन्द्रीय मंत्री सी पी जोशी को प्रचार और प्रकाशन समिति में अध्यक्ष बनाया गया है घोषण पत्र समिति में हरीश चौधरी परिवहन और आवास समिति में परसादी लाल मीणा मीडिया और संपर्क समिति में गोविन्द सिंह डोटासरा प्रोटोकॉल समिति में रेहाना रियाज़ और अनुशासन समिति में मास्टर भंवर लाल मेघवाल चेयरमैन बनाये गये है

विशेषज्ञों के अनुसार महंगाई को काबू में करने के लिये नीतिगत दरों में बढ़ोतरी की संभावना है

इससे पहले श्री राठौड झोटवाड़ा के पांच्यावाला में शिक्षा के लिए नई पद्धति द्वारा तैयार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का अनावरण करेंगे

जोधपुर में सालावास रेलवे स्टेशन के पास कल देर रात एक डम्पर की चपेट में आने से एक युवक की मृत्यु हो गई

मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नन्द्राजोग और जस्टिस डॉ पृष्पेन्द्रसिंह भाटी की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए हादसे के शिकार मृत व्यक्ति और घायलों की सूची तथा उनको दी गई सहायता की सूची भी प्रस्तुत करने को कहा है